रतलाम में किसानों में बढ़ रहा है जैविक खेती के प्रति रूझान एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के अंतर्गत आज सुनिए मणिपुर के लोगों की वेशभूषा पर विशेष रिपोर्ट

कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अनुसार इससे केंद्र सरकार के कई कर्मचारियों को फायदा मिलने की उम्मीद है कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने के लिए अदालत के हस्तक्षेप की मांग कर रहे थे

कार्यशाला योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष मोटेंक सिंह अहलुवालिया ने कहा कि सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण आर्थिक अधोसंरचना परियोजनाओं में बजट की कमी को दूर करने के लिए निजी और सार्वजनिक भागीदारी का कानून बनाने पर भी विचार किया जाना चाहिए वे आज भोपाल में आयोजित प्रदेश में वैकल्पिक वित्तीय प्रबंधन पर केंद्रित एक दिवसीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे कार्यशाला में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने से बाजार में पैसा आता है और पैसे का यही बहाव कस्बा और फिर शहरों की आर्थिक गतिविधियां बढ़ाता है कार्यशाला में बैंकों कार्पोरेट सेक्टर के बजट विशेषज्ञों बजट निर्माण में योग्यता रखने वाले विद्वान शामिल हुए अनुराग इंदौर केन्द्रीय राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज इंदौर में आयकर और जीएसटी विभाग के अधिकारियों की कार्य प्रणाली की समीक्षा की

श्री ठाक्र ने अम्बामालिया रोड पर प्रधानमंत्री कौशल केन्द्र का लोकार्पण करने के बाद उज्जैन में महाकाल के दर्शन किये व्याख्यानमाला साहित्यकार नंदकिशोर आचार्य और कानूनविद कनक तिवारी कल भोपाल के बरकतउल्ला विश्वविद्यालय में आयोजित धर्मपाल स्मृति व्याख्यानमाला में विभिन्न विषयों पर व्यक्तव देंगे व्याख्यानमाला का शुभारंभ उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी करेंगे आधिकारिक जानकारी के अनुसार बरकतउल्ला विश्वविद्यालय और धर्मपाल शोधपीठ के संयुक्त तत्वाधान में गांधी स्मरण वर्ष के अंतर्गत इस व्याख्यान का आयोजन किया जा रहा है जैविक खेती रतलाम जिले में किसानों का रूझान जैविक खेती की ओर बढ़ रहा है कई इलाकों में तो यह खेती किसानों की पहली पसंद बन गई है

इसका उद्देश्य पटवारियों के कार्य को हाईटेक करना है सागर जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत राहतगढ़ तहसील से इस योजना की शुरूआत की गई है योजना का शुभारंभ सागर के डॉ हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में राजस्व और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने किया इस दौरान उन्होंने पटवारियों को लेपटॉप भी वितरित किये श्री राजपूत ने कहा कि राजस्व महकमें को आध्निक बनाया जा रहा है ई बस्ता योजना के पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जायेगा एक भारत श्रेष्ठ भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान देश भर में चल रहा है

इसके तहत हम आपको मध्यप्रदेश के पार्टनर स्टेट मणिपुर की लोककला रहन सहन पर्यटन स्थलों और संस्कृति से रू ब रू करा रहे हैं